मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन भत्ते और अन्य प्र सुविधाएं विधेयक व हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक जबकि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना व विनियमन विघेकय सदन में प्रस्तुत करेंगे इसके अलावा सदन में कल प्रस्तृत किए गए दो विघेयक पारित किए जाएंगे

वित्त मंत्री वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जी एस टी के लागू किए जाने से आर्थिक व्यवस्था बहत नियमित हो गई है

उन्होंने कहा इस ऐतिहासिक राजस्व वसूली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जवाबदेह सुशासन का पता चलता है

इनमें हृदय रोग से संबंधित स्टंट और ड्रग एल्यूटिंग स्टंट जैसे चार चिकित्सा उपकरणों के मूल्य मी शामिल हैं रसायन और उर्वरक मंत्री अनन्त कुमार ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में आज गुनगुनी धूप खिली है हालांकि कल कुल्लू किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा की उंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश से बागवानों के चेहरे खिले हैं तो वहीं जिला कुल्लू के निरमंड क्षेत्र के एक हिस्से में भारी ओलावृष्टि से सेब व अन्य फसलों को भारी नुक्सान पहुंचा है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कल विधानसभा में खेल विघेयक पर हुए हंगामे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है विपक्ष के वाकआउट के बीच खेल विघेयक वापस दैनिक भास्कर के शब्द हैं जयराम सरकार ने वापस लिया खेल बिल विपक्ष का आरोप न कारण बताया न कमी

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है खेल संघों के लिए विपक्ष का वाकआउट हिमाचल दस्तक के अनुसार हल्ले हंगामे के बीच सरकार ने वापस लिया स्पोर्टस बिल कोटखाई प्रकरण से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण और पंजाब केसरी ने एक सा शीर्षक दिया है गुड़िया मामले में सीबीआइ की मंडी में दबिश मनरेगा कार्य में इस्तेमाल किया सरकारी सीमेंट निकला घटिया शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है हमीरपुर में सात टैंकों के लिए भेजा था सीमेंट मिट्टी और रेत मिला दोबारा बनेगी अफसरों की वरिष्ठता सूची शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते सभी सरकारी विमागों ने शुरू की प्रकिया इसी पत्र ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखा है कम बच्चों वाले स्कूलों का होगा युक्तिकरण

विमागों पर सीएम डैशबोर्ड की नजर शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है सीएम जयराम ठाकुर ने किया मोबाइल ऐप का शुभारंभ दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं सूबे में मुख्यमंत्री डैश बोर्ड योजना का आगाज

इराक के मोसुल में मारे गए चार हिमाचली युवकों की अंत्येष्टि से जुड़ी खबर भी सभी समाचार पत्रों में सचित्र प्रकााशित है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर बीपीएल का दूटा पिंजरा शीर्षक से दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय में लिखता है यहां सवाल गरीबी से मुक्त होने का नहीं बल्कि गरीब बने रहने की मानसिकता से मुक्त होने का था इसलिए चार पंचायतों ने नैतिकता के आधार पर बीपीएल का पिंजरा तोड़ दिया दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बाइक एंबुलैंस सेवा शुरू होने से मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी शीर्षक है बेहतर पहल हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर में लिखता है कि सरकार ने प्रोफिट मार्जन की शर्त हटाकर जहां हिमाचल के लाखों कारोबारियों को लाभ दिया है वहीं इससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा